अभियान जल की कमी वाले दो सौ छप्पन जिलों और लगभग एक हजार छह सौ प्रखंडों में केंद्रित लोकसभा ने शिक्षकों को आरक्षण दिलाने के लिए केंद्रीय शैक्षिक संस्थान विघेयक दो हजार उन्नीस किया पारित

जी एस टी की दूसरी वर्षगांठ पर कल से प्रयोग के तौर पर नई रिटर्न व्यवस्था हुई शुरू

नई दिल्ली में कल इसकी शुरूआत करते हुए जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जल संरक्षण अब राष्ट्रीय प्राथमिकता है स्वच्छ पेयजल प्रत्येक घर को मुहैया हो सके भारत में प्रत्येक व्यक्ति पर कैपिटाउ पोर्टबल वॉटर एवैलविलिटी को लगातार पिछले दशकों में घटती जा रही है जल को जन चेतना का विषय बनाया जाए आज लगभग आधा देश वॉटर स्ट्रेस की कंडीशन में है हमारा देश वॉटर स्केर्सिटी की कंडीशन तक ट्रांसफर नहीं हो जहां हमारी जल उपलब्धता एक हजार घन मीटर से कम हो जाए इसके लिए यह सही समय है जल शक्ति अभियान दो चरणों में शुरू किया गया है पहले चरण की अवधि सभी राज्यों के लिए पहली जुलाई से पन्द्रह सितम्बर है दूसरा चरण पहली अक्टूबर से तीस नवम्बर तक है और यह उन राज्यों के लिए है जहां से मानसून वापस होता है जलशक्ति अभियान देश में जल की कमी वाले दो सौ छप्पन जिलों और एक हजार पांच सौ बान्नवे प्रखंडों में चलाया जा रहा है आकाशवाणी के साथ एक विशेष भेंटवार्ता में पेयजल तथा स्वच्छता सचिव परमेश्वरन ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से पांच बिंद्ओं पर जोर दिया गया है जिनमें वर्षा जल संचयन के जरिए जल संरक्षण स्थानीय तालाबों के पुनरोद्वार मानसून वर्षा को रोकने के लिए ढांचे का निर्माण गाद हटाना और फिर से पानी के इस्तेमाल तथा रिचार्ज को बढ़ावा देना शामिल है

विघेयक में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के लिए शिक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान है विधेयक इस संबंध में पहले से जारी अध्यादेश का स्थान लेगा विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सरकार आरक्षण और संविधान के अनुसार सभी को समान अवसर स्निश्चित करने के लिए कृतसंकल्प है जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय है उसके सात हजार पद रिक्त हैं

इससे पहले चर्चा शुरू करते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक की मूल भावना के खिलाफ नहीं है लेकिन इसकी संसदीय जांच की जरूरत है तृणमूल कांग्रेस की प्रतिमा मंडल ने विधेयक का समर्थन किया लेकिन पूछा कि जब उच्चतम न्यायालय इस मामले में पहले ही अपना निर्णय दे चुका था तो विधेयक को पहले क्यों नहीं लाया गया बहुजन समाज पार्टी के रितेश पांडे ने कहा कि सरकार को उत्कृष्टता के संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया से लोगों का सशक्तीकरण हुआ है भ्रष्टाचार पर प्रभावशाली अंक्श लगा है और गरीब लोगों तक सेवाएं पहुंचाने की व्यवस्था में सुधार हुआ है प्रधानमंत्री ने कल अपने ट्वीट संदेश में कहा कि चार वर्ष पहले आज ही के दिन डिजिटल इंडिया की शुरूआत की गई थी इलेक्ट्रोनिक्स और सुचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि डिजिटल इंडिया पहल से समाज में कई परिवर्तन आये हैं और आम नागरिकों का जीवन भी बदला है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए छात्रों से सार्थक भूमिका अदा करने का आहवान किया है आयर्वेद योग यूनानी सिद्ध तथा होम्योपैथी यानी आयर्ष क्षेत्र में डिजिटाइजेशेन में सहयोग के लिए कल नई दिल्ली में आयर्ष मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसका उद्देश्य आयुष क्षेत्र में बिमारियों के इलाज रोगियों की देखभाल रिक्षा अनुसंधान और बेहतर औषधी नियंत्रण की प्रक्रिया को डिजिटाइज करना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के ट्वितीय चरण का एक कार्यक्रम में श्मारम्म किया इस अवसर पर दस्तक चैम्पियंस को भी सम्मानित किया गया संचारी रोग नियंत्रण अभियान प्रदेश के सभी पवहत्तर जनपदों में कल से इक्कतीस जुलाई तक चलाया जायेगा वहीं दस्तक अभियान दिमागी बुखार से सक्से ज्यादा प्रभावित अट्ठारह जनपदों गोरखपुर देवरिया महराजगंज बस्ती सिद्दार्थनगर संतकबीरनगर गोण्डा बहराइच बलरामपुर श्रावस्ती लखनऊ रायबरेली हरदोई सीतापुर उन्नाव लखीमपुरखीरी और बाराबंकी में कल से पन्द्रह जुलाई तक चलाया जायेगा कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल चलाये गये संचारी रोग नियंत्रण तथा दस्तक अभियानों से दिमागी दुखार के रोगियों की संख्या में पैंतीस प्रतिशत तथा इस रोग से मरने वालों की संख्या में पैंसठ प्रतिशत तक कमी आयी है

इसका उद्देश्य विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति दर्ज कर रिक्षा की गृणवत्ता सुधारना है कौशाम्बी जनपद में जिला प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कड़ा विकास खण्ड में हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुमारम्म किया कानपुर नगर में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने हरी झंडी दिखा कर स्कूल चलो अभियान का शुभारम्म किया उन्होंने कहा कि समाज के लिए शिक्षा और चिकित्सा दोनों का बराबर महत्व है पीलीभीत जनपद में इस अवसर पर एक रैली को मुख्य विकास अधिकारी रमेश चन्द्र पांडेय ने हरी झंडी दिखा कर रवाना किया जागरूकता संगोष्ठी में वक्ताओं ने सभी से स्कूल चलो अभिायान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का आहवान किया केन्द्र सरकार ने वस्तु और सेवा कर जी एस टी के दो वर्ष पूरे होने पर कल से प्रयोग के तौर पर नई रिटर्न व्यवस्था शुरू दी है इसे पहली अक्टूबर से अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जायेगा वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए छोटे कर दाताओं के लिए सहज और सुगम रिटर्न का भी प्रस्ताव किया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि जीएसटी के अमल में आने से भारत अंतरराष्ट्रीय कर मानकों की श्रेणी में आ गया है और इससे कारोबार आसान बनाने की दिशा में सुधार हुआ है केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर ने कहा है कि यह एक महत्वपूर्ण बात है कि जी एस टी परिषद् में सभी निर्णय आम सहमति से लिए गए हैं वस्तु और सेवाकर लागू होने के दो वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में वित्तराज्य मंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहां वास्तविक अर्थो में संघीय जी एस टी लागू है इस वर्ष जून माह में वस्तु और सेवा कर जीएसटी का संग्रह निन्यानबे हजार नौ सौ उन्तालीस करोड़ रुपये रहा मई माह के लिए कूल चौहत्तर लाख अड़तीस हजार जीएसटी रिटर्न दाखिल किये गये

पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि जीएसटी लागू होने के दो वर्ष बाद देश के बीस राज्यों ने अपने राजस्व में चौदह प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है एक फेसबुक पोस्ट में अरूण जेटली ने कहा कि पिछले दो वर्षो में जीएसटी देने वालों का प्रतिशत बढ़कर चौरासी हो गया और यह व्यापारी तथा उपभोक्ता दोनों के लिए उपय्क्त साबित हुआ केन्द्र सरकार ने दूरदर्शन समाचार की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई प्रयास किये हैं राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि हाई डिफनिशन सिगनल्स के प्रवाह के लिए प्रसार भारती ने सत्रह नई डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग डीएसएनजी वैन किराये पर ली हैं उन्होंने कहा कि प्रसार भारती ने नवीन टैक्नोलॉजी के साथ पिछले वर्ष नौ ऐसी वैन खरीदी थीं सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि डीएसएनजी वैन के जरिये सजीव प्रसारण की गुणवत्ता में सूधार हुआ है इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा सरकार दूरदर्शन और आकाशवाणी नहीं चलाती है वो प्रसार भारती चलाती है और प्रसार भारती के कानून में भी एक लिखा है कि जेनरली ऑटोनोमी जेनरली ऑटोनोमी के साथ ही काम करेगी